विश्व व्यापी कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चअल बैठक से पहले उन्होंने यह टिप्पणी की उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की सम्प्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग किया है और मित्रतापूर्ण तरीके से मिलकर नरेन्द्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की और उनके शौर्य को नमन करते काम किया है हुए कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है जो बलिदान के सिद्धांतों पर चलता है भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है

अंक्श ठाक्र के शहीद होने की सूचना आज सुबह ही परिवार वालों को मिली उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लाहौल स्पिति और किन्नौर जिला को सभी एहतियाती उपाय करने व सजग रहने के लिए चेतावनी जारी की है

मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज शिमला में कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगार कलयाण बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न लाभ प्रदान कर रही है ऐसे कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सहायता दी जा रही है

रिपोर्ट में स्वास्थ्य बागवानी शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में संसाधन जुटाने के सुझाव दिए गए हैं

नमस्कार